प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में हई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी इस विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा

मतदान के तुरंत बाद मतगणना का कार्य शुरू हो गया है मतदान के शुरु में कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक मशीनों में खराबी की शिकायत आई लेकिन शीघ्र ही ईवीएम बदलकर मतदान सुचारु कर दिया गया

श्री गर्ग ने बताया कि एयरपोर्ट पर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ लगाए गए हैं इस बीच जयपुर के एसएसएस अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति में इस रोग के लक्षण नहीं पाए गए हैं श्री सिंह ने बताया कि पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलोजी से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में फैले कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है मंत्रालय में केन्द्रीय सचिव ने आज देश में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में बारे में जानकारी दी

पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा

ब्यूरो के उदयपुर मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि इस बैंककर्मी ने एक व्यक्ति से मकान का ऋण दिलाने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से सघन मिशन इंद्रधनुष पर आयोजित कार्यक्रम निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में द्रस्थ इलाकों में बसे लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है

श्री मिश्र ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि बसंत जीवन में नयेपन की आस है श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि हम सभी को जीवन में समुद्धि की उम्मीद करते हुए बसंत के इस मौसम का स्वागत करना चाहिए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं बसंत पंचमी के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न धार्मिक आयोजन हए वहीं स्कूलों में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गई

दो दिन की संगोष्ठी में देश विदेश के विद्वान भाग ले रहे हैं